मुख्यमंत्री दुर्ग मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले में संचालित चंद्रलाल चंद्राकर मेमोरियल निजी मेडिकल कॉलेज के अधिग्रहण की घोषणा की है श्री बघेल आज कचांद्र गांव में स्वर्गीय चंद्रलाल चंद्राकर की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुए इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस निजी मेडिकल कॉलेज के शासकीय अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में इस मेडिकल कॉलेज के संचालन में कुछ दिक्कतें आ रही थीं जिसकी वजह से कॉलेज प्रबंधन ने उनसे इसे शासकीय रूप से अधिग्रहित करने का आग्रह किया था

इस अवसर पर राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके भी शामिल हुई कार्यक्रम में राज्यपाल ने निजी विश्वविद्यालयों के प्रबंधकों को अभिनंदन पत्र प्रदान कर सम्मानित किया अपने संबोधन में सुश्री उइके ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता बनाए रखने की अपील की इस अवसर पर राज्यपाल को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड संस्था द्वारा प्रमाण पत्र भी दिया गया यह सम्मान उन्हें पिछले वर्ष जुलाई महीने से इस वर्ष छह जनवरी तक राज्यपाल के रूप में दस हजार से अधिक लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनने के लिए दिया गया पक्षी महोत्सव मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि बेमेतरा जिले के गिधवा परसदा जलाशय में अब हर वर्ष पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा जिससे इस क्षेत्र को पूरे देश में पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिलेगी मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र को लेकर अनेक घोषणाएं की हैं

यह बात मुख्यमंत्री ने गिधवा परसदा जलाशय में इस वर्ष पहली बार आयोजित हमर चिरई हमर चिन्हारी पक्षी महोत्सव के समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही पक्षी विज्ञानियों के अुनसार ठंड के मौसम में हर साल इस क्षेत्र में करीब डेढ़ सौ प्रजाति के प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है पक्षी महोत्सव के तीन दिवसीय आयोजन के दौरान पक्षी विज्ञानियों ने पक्षियों के महत्व के बारे में चर्चा की साथ ही चित्रकला और प्रश्नोत्तरी स्पर्धाओं का भी आयोजन किया गया बेमेतरा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने जिले के विकास के लिए डेढ़ सौ करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यो का लोकार्पण और भुमिपुज भी किया

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम बजट को निराशाजनक और लोगों के भविष्य को और अधिक असुरक्षित बनाने वाला बताया है उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा रेलवे एयरपोर्ट और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी करने का आरोप लगाया है वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को किसी तरह की राहत नहीं दी गई है उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में करीब दो लाख करोड़ रूपये से अधिक की राशि का प्रावधान किए जाने को अच्छा कदम बताया श्री सिंहदेव ने कहा कि कोरोना महामारी के बाद पब्लिक हेत्थ केयर को मजबूत करने की जरूरत है ऐसे में स्वास्थ्य क्षेत्र की बजट राशि में वृद्धि का फायदा मिलेगा

इसी तरह लघु उद्योग भारती के दुर्ग जिला इकाई अध्यक्ष संजय चौबे ने कहा कि इस बजट से देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और लघु तथा सूक्ष्म इकाइयों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा

शिक्षा मंत्री ने कहा कि दसवीं और बारहवीं की परीक्षाएं चार मई से शुरू होंगी आज जारी समय सारिणी के अनुसार सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं चार मई से भाषा की परीक्षाओं से शुरू होंगी और मुख्य विषयों की परीक्षा छह मई से होंगी अंतिम परीक्षा ग्यारह जून को आयोजित की जाएगी कक्षा बारहवीं की परीक्षा दो पालियों में होगी पहली पाली सुबह दस बजकर तीस मिनट से डेढ़ बजे तक और दूसरी पाली दोपहर ढ़ाई बजे से शाम साढ़े पांच बजे तक होगी मदरसा बोर्ड परिणाम छत्तीसगढ़ मदरसा बोर्ड द्वारा आयोजित हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी पत्राचार पाठ्यक्रम के साथ ही उर्दू परीक्षाओं के आज ऑनलाइन परिणाम घोषित किए गए स्कूल शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम ने ये परिणाम जारी किए और उन्होंने उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को अपनी शुभकामनाएं दीं परीक्षार्थी अपने परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं हर्बल उत्पाद मोबाइल वैन राजधानी रायपुर के प्रमुख स्थानों पर सौ प्रकार के हर्बल उत्पादों की बिक्री मोबाइल वैन के माध्यम से की जाएगी वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कल अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से छत्तीसगढ़ हर्बल ब्रांड नाम के उत्पादों के प्रचार प्रसार की बिक्री के लिए मोबाइल वैन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया इसमें राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार किए गए शहद सैनिटाईजर त्रिफला और गिलोय जैसे उत्पाद बेचे जाएंगे नारी शक्ति पुरस्कार तिथि केन्द्र सरकार ने प्रतिष्ठित नारी शक्ति पुरस्कार दो हजार बीस के लिए नाम दाखिल करने की अंतिम तिथि छह फरवरी तक के लिए बढ़ा दी है केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिला सशक्तिकरण में विशिष्ट योगदान के लिए प्रत्येक वर्ष आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार दिये जाते हैं पुलिस सम्मान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ पुलिस को कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान मरीजों और प्रवासी मजदूरों की मदद करने के लिए सम्मानित किया गया है नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह सम्मान प्रदान किया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पूजा अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ पुलिस की प्रतिनिधि के तौर पर यह पुरस्कार ग्रहण किया राज्य के पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी ने सम्मान प्राप्त होने पर पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं

यह घटना हल्दीबाड़ी इलाके में हई है जमीन में दरारें आने के बाद स्टेट बैंक कार्यालय के भवन और कई मकानों की दीवारों पर भी दरारें देखी गईं सूचना मिलने ही साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एसईसीएल का बचाव दल मौके पर पहुंचा सड़क में आई दरारों को भरने के लिए इसमें मिट्टियां डाली गई वहीं एहतियात बरतते हुए जिन मकानों में दरारें आई हैं वहां से लोगों को अस्थायी शिविर में ले जाया गया साथ ही घटनास्थल के पास यातायात बंद कर दिया गया जिला प्रशासन के अधिकारी और कई जनप्रतिनिधि भी घटनास्थल पर पहुंचे बताया जाता है कि इस क्षेत्र में पहले कुरासिया अंडर ग्राउंड माईस थी करीब सोलह साल पहले भी इस इलाके में जमीन में दरारें आने की घटना हुई थी ठगी आरोपी गिरफ्तार छत्तीसगढ़ सहित देशभर में कई लोगों से बीमा राशि के भुगतान के नाम पर लाखों रूपये की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है रायपुर पुलिस ने इस गिरोह के दो आरोपियों को नई दिल्ली से गिरफ्तार किया है मूलरूप से बिहार के रहने वाले इन ठगों के पास से अलग अलग बैंकों के डेबिड कार्ड और चेकब्क के साथ ठगी में इस्तेमाल की जाने वाली अन्य चीजें बरामद की गई हैं वहीं बस्तर जिले की बोधघाट पुलिस ने फेसबुक में दोस्ती कर लाखों रूपये की ठगी करने के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार किए गए ये युवक नेपाली मूल के हैं इन आरोपियों ने जगदलपुर के एक व्यक्ति से दोस्ती कर उपहार भेजने के नाम पर करीब अट्ठाईस लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी की आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार कर जगदलपुर लाया गया है आईक्यू टेस्ट परीक्षा राज्य में संभवतः पहली बार ऐसा मामला सामने आया है जब बारह वर्ष से भी कम उम्र के किसी बच्चे को दसवीं बोर्ड की परीक्षा में बैठने का मौका दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव प्रोफेसर वीके गोयल ने बताया कि दुर्ग के एक पांचवीं कक्षा के छात्र लिवजोत सिंह अरोरा ने दसवीं की परीक्षा में बैठने की अनुमति मांगी थी इसके बाद दुर्ग के जिला अस्पताल में इस बच्चे का आईक्यू टेस्ट कराया गया रिपोर्ट के अनुसार इस छात्र का आईक्यू सोलह वर्ष के किशोर के उम्र के बराबर है मंडल की परीक्षाफल समिति के सदस्यों ने इसे विशेष प्रकरण मानकर इस छात्र को इस वर्ष होने वाली दसवीं की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है

ये सुनवाई सुबह ग्यारह बजे से शाम पांच बजे तक चलेगी

आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इस शिकायत की जांच कर प्रतिवेदन सौंप दिया है

रायपुर में जारी इस हड़ताल में कई चिकित्सक शामिल हो रहे हैं

उपार्जित धान की मात्रा पिछले वर्ष से उन्नीस फीसदी अधिक है

राजनांदगांव में प्रशासन पुलिस प्रेस और पब्लिक के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पी फोर सद्भावना क्रिकेट दूर्नामेंट का कल समापन हुआ